मुख्यमंत्री ने कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम से अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं

कार्यक्रम सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि जल्द ही देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी जिसमें कृषि पशुपालन एग्रोबेस लघु मझोले और कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है साथ ही फिल्मांकन पर्यटन सोलर पावर वेलनेस साहसिक खेलों जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिये भी प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं राज्य की अन्तरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में सेना के साथ ही स्थानीय लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीमान्त विकास योजना और मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना शुरू की गई है

सभी अखाड़ों और सन्तों का इसमें सहयोग लिया जा रहा है सीएए सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं है कानून को लेकर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उस पर ध्यान देने के बजाय इसकी असल हकीकत को जानने के बाद कोई बात बोलनी चाहिए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शांतिप्रिय राज्य है ऐसे में यहां पर कोई भी अशांति नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नेता इस पर बेवजह का बयान दे रहे हैं वह बड़ा दुखद है

यह बिल राष्ट्र के हित में है पौड़ी में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद श्री रावत ने नागरिकता संशोधन बिल पर हो रही राजनीति को द्र्भाग्यपूर्ण बताया

उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ काम करने के साथ ही पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हुनर हाट केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्ष में देशभर में एक सौ हुनर हाट आयोजित करने का फैसला किया है अल्पदसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि आगामी दिनों में नई दिल्ली देहरादून बेंगलुरू चेन्नई लखनऊ कोलकाता पटना इंदौर और अन्य स्थानों पर हुनर हाट आयोजित किए जाएंगे हुनर हाट का उद्देश्य दस्तकारों शिल्पकारों और पारंपरिक पाककला विशेषज्ञों को बाजार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है

पहला हुनर हाट इस वर्ष अगस्त सितम्बर में जयपुर में आयोजित किया गया था इसके बाद देश के विभिन्न भागों में अनेक हुनर हाट आयोजित किए गए

केन्द्रीय कृषि एवं कल्याण ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को इस बात की जानकारी दी है केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को इस समारोह में पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रण भेजा है नैनो पैकेजिंग यूनिट गोपेश्वर में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने उनकी अच्छी ब्रान्डिंग और पैकेजिंग के लिए नैनो पैकेजिंग यूनिट शुरू हो गई है इस यूनिट के शुरू होने से ग्राहकों को अच्छी ब्रान्डिंग और पैकिंग के साथ स्थानीय उत्पाद उपलब्ध होंगे वहीं काश्तकारों को उनके उत्पादों से अच्छी आजीविका भी अर्जित होगी इस अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जिले में काश्तकारों के उत्पादों को अच्छी पैकेजिंग न होने से बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलते हैं उन्होंने कहा कि नैनो पैकेजिंग यूनिट में कोई भी काश्तकार अपने उत्पादों की पैकेजिंग करा सकते हैं इस यूनिट में सभी काश्तकारों को न्यूनतम दरों पर स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग की सुविधा रहेगी काश्तकार स्थानीय दालों जैम जैली अचार मुरब्बा जूस आदि उत्पादों की पैकेजिंग करा सकते हैं

नगर मजिस्ट्रेट जगदीश लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोसी राज्यों और देश के अन्य स्थनों पर प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने की स्थिति संज्ञान में आई है इसको देखते हुए जुलूस प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है

बंड विकास मेला चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र का प्रसिद्ध सात दिवसीय बंड विकास औद्योगिक पर्यटन किसान एवं सांस्कृतिक मेले का रंगारंग आगाज हो गया है इस अवसर पर क्षेत्र के तीन दर्जन से अधिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी सात दिवसीय इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम खेल कूद प्रदर्शनी गोष्ठी पशु प्रदर्शनी मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा आपको बता दें कि यह मेला बंड क्षेत्र के दूरस्थ गांवों के ग्रामीणों के लिए हर साल सर्दियों में खेती बाड़ी बागवानी और विकास योजनाओं की जानकारी देने के लिए आयोजित किया जाता है साथ ही मेले में पर्यटन कृषि स्वयंसेवी संस्थानों और समूहों के जैविक उत्पादों और हस्तशिल्प के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाता है बैठक रुद्रप्रयाग रुद्वप्रयाग में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक में घराटों से मंडुवा का आटा पिसवाकर इसकी ब्रैंडिंग करवाने पर जोर दिया गया बैठक में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने मंडवा का मूल्य अपेक्षित रूप से न बढ़ने और उसका अधिक मूल्य किसानों को न मिलने की स्थिति में बदलाव के लिए प्रयास करने की जरूरत बताई इसके लिए उन्होंने सड़कों के नजदीक स्थित घराटों का उच्चीकरण कर उनमें मंडुवा का आटा तैयार करने और उसकी ब्रैंडिंग कर अधिक मूल्य प्राप्त करने के निर्देश दिये साथ ही मंडुआ के मूल्य संवर्धन पर भी बल दिया गया जिससे किसानों को उचित दाम मिल सके बैठक में पहाड़ी परम्परागत और नकदी फसलों का उत्पादन क्लस्टर आधार पर बढ़ाने दूध उत्पादन को बढ़ाने और गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया